मंत्रियों के समूह का गठन प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के निर्देश पर किया गया है बैठक में भारत में इस वायरस के फैलाव की रोकथाम के लिए किए जा रहे उपायों के बारे में जानकारी दी गई

इधर राज्य स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना वायरस को लेकर आईजीएमसी शिमला और टांडा मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों को सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं मुख्यमंत्री भाजपा के वरिष्ठ नेता व मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र ने कहा है कि विपक्षी दलों के नेता राजनीतिक लाभ के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम पर लोगों को गुमराह कर रहे हैं नई दिल्ली के पालम क्षेत्र में कल चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के गतिशील नेतृत्व में देश ने विकास की नई उंचाइयों को छुआ है जयराम ठाकुर ने सीएए के राजनीतिकरण को पूरी तरह से अनुचित करार दिया

इसका लक्ष्य लोगों को कैंसर की रोकथाम पहचान और उपचार के लिए प्रेरित करना है

सूरजकंड हरियाणा के फरीदाबाद में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय सुरजकुंड शिल्प मेले की सांस्कृतिक संध्या में आज शाम हिमाचल की गौरवमयी विरासत को दर्शाती एक विशेष नृत्य नाटिका प्रस्तृत की जाएगी

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं पिछले दिनों हुई बर्फबारी के बाद प्रदेश के उपरी इलाकों में ठंड का प्रकोप लगातार जारी है और जनजातीय क्षेत्रों के अधिकतर स्थानों पर न्यूनतम तापमान जमाव बिंदू से नीचे दर्ज किया जा रहा है मौसम विभाग ने आज राज्य के मध्य और उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में कुछ स्थानों पर बारिश व हिमपात की संभावना जताई है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

दिव्य हिमाचल लिखता है सिर्फ हजार करोड़ का कर्ज और ले पाएगा हिमाचल

परिवहन मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर के हवाले से दैनिक भास्कर ने सुर्खी दी है लाइसेंस के बाद अब ट्रांसपोर्ट से जुड़ी कई सुविधाएं ऑनलाईन लोगों को अब लाईन लगाने की जरूरत नहीं अमर उजाला के अनुसार लोकमित्र केंद्रों में भी बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और परमिट

दैनिक जागरण की एक खबर है शिक्षा विभाग में एक काडर एक यूनियन हिमाचल दस्तक की एक सुर्खी है व्हीकल ट्रैकिंग का झगड़ा अब हाईकोर्ट में पहुंचा पांच चरणों में बनेगा मंडी पठानकोट फोरलेन दिव्य हिमाचल की खबर है मौसम पर अमर उजाला ने लिखा है मौसम ने अब चंबा और रोहडू में ली तीन और लोगों की जान